केन्द्रीय अन्वेषण ब्य्रो ने इंटरनेट पर बाल अश्लीलता पर रोक के लिए विशेष जांच अपराध शाखा के तहत यूनिट कायम की ग़हमंत्री अनिल विज ने कहा कि प्लिस की छवि को और बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी

ग्रूग्राम की रहने वाली द्रसरी कक्षा की छात्रा दिव्यांशी की पर्यावरण पर बनाई एक पेटिंग को ग्गल के ड्डल में स्थान मिला पढ़ाई के लिए वजीफा भी मिलेगा उचचतम न्यायालय ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी खेत्र में वाय् प्रदूषण को कम करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में जानने के लिए पंजाब हरियाणा उत्तरप्रदेश और दिल्ली के मुख्यसचिवा को सम्मन किया है

शीर्ष न्यायालय ने सम विषम योजना के दौरान दो और तीन पहियां वाहनों को छूट दिये जाने पर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हये कहा कि योजना लागू होने के बावजूद दिल्ली में प्रद्रषण का स्तर बढ़ रहा है न्यायालय ने यह भी चिंता व्यक्त की कि पराली जलाने में कमी के बावजूद दिल्ली में प्रद्षण का स्तर बदतर है दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि सम विषम योजना ने प्रद्वषण को कम करने में मदद की है लेकिन प्रदूषण का म्ख्य कारण पराली को जलाया जाना है केन्द्र ने पीठ यह भी बताया कि वह दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए स्मोग टावर लगाने की संभावनाओं का पता लगा रहे है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस समरूया के समाधान के लिए सभी एजेंसियों के संयुक्त सहयोग की जरूरत है

एजेंसी की विशेष अपराध जांच शाखा के तहत नई विशेष यूनिट उन लोगों की ख्फिया जानकारी एकत्रित करेगी जो कथित तौर पर इंटरनेट पर ऐसी सामग्री तैयार कर रहे है एवं उसे प्रसारित कर रहे है ये यूनिट इस बात पर भी नज़र रखती है कि कौन ऐसी सामग्री को देख रहा है एवं डाउनलोड कर रहा है

केन्द्र सरकार दवारा जींद मुख्यालय के नागरिक अस्पताल परिसर में सखी नाक वन स्टोप केन्द्र सथापित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये इस केन्द्र में हिंसा से पीडि़त महिलाओं को एक ही छत के नीचे तमाम स्विधायें उपलब्ध करवाई जायेगी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ गोपाल गोयल ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में बताया कि ये केन्द्र जिला प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है केन्द्र को नागरिक अस्पताल में इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि हिंसा की शिकार महिलायें सर्व प्रथम अस्पताल में ही आती है उन्होंने बताया कि केन्द्र में विशेषज्ञों दवारा मनोवैज्ञानिक सलाह और परामर्श की स्विधा भी दी जायेगी इस केन्द्र में सभी महिला कर्मचारियों को ही तैनात किया गया है हिंसा पीड़ित महिला यहां पर निशुल्क रह सकती है और उसे भोजना भी म्हैया करवाया जायेगा हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि नवगठित मंत्रिमंडल में संत्रलन रखने का प्रा प्रयास किया गया नवगठित मंत्रिमंडल के मंत्रियों को आज यहां सिविल सचिवालय स्थित उनके कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करवाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हए म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मंत्रियों को श्भकामनाएं एवं बधाई देते हए कहा कि उनको विश्वास है कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों का कार्य स्चारू रूप से करेंगे

उन्होंने कहा कि हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल तथा बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह पहले भी मंत्री रह च्के हैं ऐसे में उनको विभागीय कार्यप्रणाली तथा जनता की समस्याओं के समाधान करने के दौरान अपने प्राने अन्भवों का फायदा मिलेगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीमंडल की टीम बहत ही योग्य है एक सवाल के जवाब में म्ख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक सोमवार को हो सकती है हरियाणा के ग़्हमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त तथा कानून व्यवस्था च्स्त करने में कोई कमी नही छोड़ेंगे ताकि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जा सके श्री विज ने आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हए कहा कि प्लिस की छवि को ओर अधिक बेहतर किया जाएगा और प्लिस को चूस्त द्रूस्त करना उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लिस विभाग को सकारात्मक छवि बनानी होंगी ताकि लोगों को लगने लगे कि किसी भी प्रकार ज्यादती होने पर प्लिस उनके साथ खड़ी होगी ग़हमंत्री ने कहा कि उनका पहला कार्य लोगों में प्लिस के प्रति विश्वास पैदा करना होगा इसके लिए वे प्लिस प्रशासन की सभी जरूरतों को प्रा करेंगे तथा कमियों को दूर करेंगे

श्री यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है अपराध के ग्राफ में यह गिरावट प्रभावी प्लिसिंग व त्वरित कार्रवाई के कारण संभव हो सकी है

दिव्यांशी के अभिभावकों ने बताया कि इस बच्ची ने लखनऊ में अपने ननिहाल के घर पेड़ कटने से होने वाली पीड़ा को इस चित्र के माध्यम से उजागर किया

हरियाणा में रात का तापमान सामान्य से दो से चार सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है जबकि अधिकतम तापमान में एक से चार सैल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है

विभाग के अन्सार कल और परसो स्बह शाम कोहरा भी पड़ेगा